केन्द्र सरकार ने संसद के सत्र को लेकर आज एक सर्वदलीय बैठक की

हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर गांधी जी को श्रदांजलि अर्पित की गई और राष्ट्रीय शहीदों को नमन किया गया फतेहाबाद प्लिस ने जाखल क्षेत्र मे एक किलो अफीम बरामद की केन्द्र सरकार ने संसद के कल से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक ब्रुलाई बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी कांग्रेस नेता ग्रलाम नबी आज़ाद तथा आनंद शर्मा तृणमूल कांगेस के डेरेक ओ ब्रायन राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने भाग लिया इसके अलावा लोक जन शक्ति पार्टी के नेता राम बिलास पासवान समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम भेघवाल भी बैठक में शामिल हये बजट सत्र के कल पहले दिन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद दोनों सदनो के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण भी कल ही पेश किया जायेगा और बजट शनिवार को प्रस्त्रत किया जायेगा

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री ने अपील की है कि नागरिकता संशोधन विधेयक के विरूद्व कोई भी सड़कों पर प्रदर्शन करने न उतरे क्योंकि इससे किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी

ये दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है

रक्षा मंत्रीराजनाथ सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता एल के अडवाणी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे नौ सेना अध्यक्ष एडमिरल करवीर सिंह और वाय् सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया ने भी शहीद दिवस पर श्रद्वाजंलि भेंट की शहीद दिवस के मौके पर राष्ट्रपति कोविदं ने कहा कि गांधी ने अपने बलिदाल द्वारा दूसरों के प्रति प्रेम और स्नेह दिया श्री कोविंद ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग महात्मा गांधी जी के इस संदेश से जुड़ेंगे उपराष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और अहिंसा का संदेश विश्व के हर हिस्से में हर समय पर प्रांसगिक है उन्होंने कहा कि गांधी जी ने अहिंसा सत्याग्रह और असहयोग के नारों से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया श्री नायडू ने कहा कि भूख गरीबी एवं भ्रष्टाचार मुक्त नव भारत का निर्माण करना भी महात्मा गांधी को श्रद्वा अर्पित करने समान है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श सशक्त एवं समृद नव भारत के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करते रहेंगे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कुमाली शैलजा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हये कहा कि गांधी जी ने सदैव देश को अहिंसा प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया उन्होंने कहा कि गांधी जी की सोच एक समान विचारधारा और देश को एक सूत्र में पिरोने की रही है लेकिन आज देश को कुछ ताकते धर्मव जाति के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है ऐसी ताकतों के खिलाफ हम सभी को एक जुट होकर लड़ना होगा चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में कुमारी शैलजा ने कहा कि गांधी जी का पहला मंत्र अन्शासन या और हमें इसी दायरे में रहकर कार्य करना है उन्होंने कहा कि गांधी जी के त्याग बलिदान के चलते ही आज हम आज़ाद है इसलिए हमें आपसी गिले शिकवे भुलाकर देश भक्ति में कार्य करने होंगे उधर कांगेस भवन अम्बाला में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह गुल्लू ने की जहां उन्होंने बापू को नमन करते हये श्रदांसुमन अर्पित किये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सिरसा की अनाज मंडी मंडी स्थित गांधी पार्क सर्व धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किा गया

इस प्रकार अनेक भजनों के साथ प्रार्थना सभा में सभी धर्मो की प्रार्थनायें प्रस्तुत की गई और शहर के गणमान्य लोगों और स्कूली बच्चों ने महात्मा गांधी के चित्र पर प्रषपाजलि अर्पित की

पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि देश के किसान की आर्थिक हालत सुधारने के लिये आर्थिक व्यवस्था में किसानों की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है पूर्व मंत्री आज रोहतक में सर छोटूराम जन्मोत्सव पर हुए एक समारोह में शिरकत करने के लिए पहंचे थे इस दौरान उन्होंने बताया कि जल्द ही छोटूराम के नाम से संबंधित सभी संस्थाओं को जोड़ा जाएगा और अगले साल से सार छोटूराम की याद में लेक्चर भी करवायें जायेंगे

इसमें सम्बोधित करते हये बतौर मुख्यातिथि विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने किसानों को फसलों की बम्पर पैदावार करने और उन्हें बीमारियों से बचाने के आध्रनिक तरीकों से अवगत करवाया इस अवसर पर किसानों के लिए सरकारी और अर्धसरकारी संस्थाओं की तरफ से कीटनाशक दवाओं ओर उन्नत बीज व विभिन्न प्रकार की खाद प्रदर्शनी भी लगाई गई फतेहाबाद पुलिस ने जाखल क्षेत्र से एक व्यक्ति को एक किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस के अनुसार पकड़े गये आरोपी की पहचान मध्यप्रदेश के रहने वाले ओम प्रकाश के रूप मे हुई है पुलिस ने आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया है पंचकूला सैकटर एक स्थित कालेज के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग और दृश्यम फिल्म सोसायटी द्वारा आज विश्व संवाद केन्द्र व हरियाणा एवं भारतीय चित्र साधना के सहयोग से ब्धवार को फिलम एपरीसिशेयन और रंगमंच कार्यशाला का आयोजन किया गया

नागरिकता कानून के समर्थन को लेकर सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच के आह्वान पर रेवाड़ी के नेहरू पार्क में असीमित मानव श्रृंखला बनाई गई तथा विश्वास रैली का आयोजन किया गया इसमें जिलेभर के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर सीएए के समर्थन में नारे लगाए संस्थान के प्रधान अशोक प्रधान ने कहा कि जनहित में जिले के आम और खास नागरिक सीएए कानून का जोरदार समर्थन करते हैं सीएए से किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही बल्कि जिन्होंने लंबे समय से प्रताइना झेली है केंद्र सरकार उन्हें नागरिकता देने का कार्य कर रही है